राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के दिये निर्देश

नदी किनारे और दियारा क्षेत्रों में बसे लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है बाढ़ का पानी पटना के किनारे बने सुरक्षा बांध के करीब पहुंच गया है गंगा नदी बक्सर पटना मुंगेर खगड़िया और भागलपुर में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी का जलस्तर गांधी घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक घाघरा कोसी और बागमती नदी उफान पर है इन नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है जबकि इसका जलस्तर ढेंग ब्रिज मे तेरह सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण भोजप्र जिले के बड़हरा प्रखंड के पैंतालीस और शाहप्र प्रखंड के तीस गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं जिला प्रशासन ने एहतियातन पचहत्तर स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया है वहीं बक्सर जिले के चौसा बक्सर सिमरी चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड की लगभग पांच लाख की आबादी प्रभावित हुयी है सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोसी नदी कुर्सेला बसुआ और बलतारा में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राज्य सरकार ने अभियंताओं को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तटबंधों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा और औराई प्रखंड के चौदह पंचायतों में फैल गया है इससे लगभग सवा लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित ह्यी है इधर बाल्मीकिनगर गंडक बराज से एक लाख उनतालीस हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले के दियारा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बरकरार है दरभंगा जिले में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढोतरी के कारण गौरा बौराम प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई घर स्थापित किये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बक्सर से भागलपुर तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया श्री कुमार ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री उपलब्ध कराने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिये उन्होंने जल संसाधन विभाग आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलों के अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बेतिया सामूहिक दूष्कर्म की पीड़ित लड़की को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर उनकी राज्य के पुलिस महानिदेशक से बातचीत हुई है उन्होंने राज्य में चल रहे सभी आश्रय गृहों की सुरक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया इससे पहले आयोग की अध्यक्ष मामले की जांच के लिए आज पटना पहुंची वे पीड़ित लड़की और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगी उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला किया कि राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि के मामले की सुनवाई अगले सोमवार से एक घंटा प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई अठारह अक्टूबर से पहले पूरी करने की समय सीमा तय की है निगरानी जांच ब्यूरो ने नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित लिपिक संजय कुमार को बीस हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है आरोपी एक एएनएम को अंतिम वेतन भूगतान प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में घूस ले रहा था इस मामले में एएनएम ने आरोपी के खिलाफ ब्यूरो के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी राज्य के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वेतन भूगतान होगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि सीएफएमएस प्रणाली के तहत पहले शिक्षकों का भूगतान होगा उसके बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान किया जायेगा जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया है कि बिहार में एनडीए मजबूत है और अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चूनाव एनडीए के घटक दल मिलकर लडेंगे पटना में पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में श्री कुमार ने कहा कि जो लोग जेडीयू और भाजपा के बीच दरार उत्पन्न करना चाह रहे हैं उन्हें विधानसभा चूनाव के बाद करारा जवाब मिल जायेगा श्री कुमार ने दावा किया कि एनडीए विधान सभा की दो सौ से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा उन्होंने बिना किसी नाम लिये कहा कि उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पहले परिषद् की बैठक में वशिष्ठ नारायण सिंह के चौथी बार जदयू का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने की घोषणा की गयी

श्री यादव समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा है कि एनआरसी को लेकर कोई विवाद नहीं है और प्रदेश में इसे लागू किया जायेगा श्री मंडल ने भागलपुर में संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है अरशद अजीज को गोपालगंज का जिलाधिकारी बनाया गया है उनके स्थान पर अवनीश कुमार सिंह को शिवहर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है गृह विभाग द्वारा किये गये प्रशासनिक फेरबदल में जगुनाथ रेड्डी को वैशाली और इनामुल हक को जमुई का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है मनोज कुमार तिवारी गोपालगंज के नये एसपी बनाये गये है सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दयानिधान पांडेय को समाज कल्याण विभाग में सामाजिक सुरक्षा निदेशक जबकि उदय कुमार सिंह को राज्य का नया ईंख आयुक्त बनाया गया है भोजपुर बेगूसराय बांका कटिहार जहानाबाद औरंगाबाद नवादा हाजीपुर जिला परिषद् में भी नये मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाये गये हैं सारण जिले के छपरा मंडल कारा में हत्या मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई नालंदा जिले के तेलमर थाना क्षेत्र के बनगच्छा गांव में एक घर की दीवार गिरने से बच्ची की दबकर मौत हो गयी

बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के भागलपुर गोड्डा रोड से पुलिस ने सात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ से प्रलिस ने कार पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया दरभंगा जिले में जाले प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय राढ़ी कन्या परिसर के तालाब में एक छात्र की डूबकर हुई मौत के बाद जिला प्रशासन ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रधानाध्यापक कुशेश्वर प्रसाद मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया शेखपुरा में जिला जन शिकायत निवारण पदाधिकारी सत्येन्द्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण की राशि गबन करने वाले आवास सहायक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है

एसपी भोजप्र को आगामी चार अक्टूबर तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया मूंगेर जिले के समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने जल जीवन हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

रोहतास जिले के चुटिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने आठ वर्षों से फरार दो नक्सलियों को छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है

राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के दिये निर्देश